मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने विपक्ष के कदम को बचकाना बताते हए कहा कि वे विधानसभा चुनाव परिणाम के सदमे से अभी तक उभर नहीं पाए हैं और औचित्यहीन मुद्दों की बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खूद कई बार नियमों व एक्ट में संशोधन किया है और अब महज अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने ये वॉकआउट किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का कदम अवांछनीय अशोभनीय व गैर जिम्मेदाराना है जिससे सदन की गरिमा को ठेस लगी है

लेकिन अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि उत्तर के लिए ये नोटिस विभाग को भेजा है मगर मुकेश अग्निहोत्री बोलते रहे जिस पर अध्यक्ष ने उनकी बात सदन में रिकॉर्ड न करने का निर्देश दिया इस बीच दोनों पक्षो में नोकझोंक चलती रही और मंत्री बिकम सिंह विपिन परमार गोविन्द ठाकुर व वीरेन्द्र कंवर भी खड़े होकर विपक्ष के आरोपों को गलत बताते रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी में दिख रही है और एक गैर मुददे को मुददा बनाया जा रहा है

सत्ती ने कहा कि सरकार ने पिछले दो महीने के दौरान कई सकारात्मक निर्णय लिए हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है अन्राग सांसद अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में रूस के प्रतिनिधियों के साथ राजनीति सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने कहा कि भारत और रूस ने कठिन समय में भी अपने रिश्तों की डोर को मजबूत बनाए रखा अनुराग ठाक्र ने कहा कि शीतकालीन खेलों में रूस के परस्पर सहयोग किया जा सकता है उन्होंने कहा कि ओलम्पिक में अच्छे प्रदर्शन के लिए भारत में अपने खेल के बुनियादी ढांचे को विकासित करने की जरूरत है वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि चण्डीगढ़ बददी रेलवे लाईन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा

उन्होंने कहा कि हिमाचल में जमीन की दरें तय कर इसकी अधिसुचना राज्य सरकार को भेज दी गई है

बस सेवा जनजातीय जिले लाहौल स्पिति में पथ परिवहन निगम की बस सेवा दिसम्बर माह से बंद है और निगम कर्मचारी इस दौरान कुल्लू में अपनी सेवाएं देते हैं केलंग से हमारे संवाददाता के अनुसार हालांकि इस बार बर्फबारी कम होने से घाटी में टैक्सी सेवाए जारी रहीं लोगों ने सरकार से घाटी के लिए जल्द बेस सेवा बहाल करने की मांग की है ताकि उन्हें अधिक किराया देकर टैक्सियों में न जाना पड़े

निगम के प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर को लाभांश का चैक भेंट किया

छापेमारी चंबा जिला पुलिस की विशेष जांच टीम ने बीती रात उदयपुर में एक आरोपी को अवैध नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है